झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दर सताइस प्रतिशत बढ़ाने का दिया प्रस्ताव राज्य सरकार अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को एक लाख रूपये मुआवजा देगी राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाये हए है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

राज्य सरकार ने सत्रह दिसंबर से दसवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है इससे संबधित आदेश और दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गृप्ता ने बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री गृप्ता ने बताया कि दसवीं से नीचे की कक्षाएं पहले की तरह ही ऑनलाइन चलती रहेंगी इसके साथ ही मेडिकल डेन्टल और नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी प्रकार के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी प्राधिकार ने मंजूरी दे दी है वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है स्वीमिंग पुल पार्क सिनेमा घरों को अभी बंद ही रखने का फैसला लिया गया है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में सताइस प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है

जेवीबीएनएल ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस उपभोक्ता से कितना टैरिफ बढ़ाया जाएगा याचिका स्वीकृत होने के बाद आयोग जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा इसके बाद नए टैरिफ की घोषणा की जाएगी प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कल कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी के खारापन दूर करने का संयत्र सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है उन्होंने कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अब फलों का निर्यात करने लगे हैं इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले दो दशकों में काफी विकास हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है

रांची में घरेलू गैस सिलिण्डर अब सात सौ इक्यावन रूपये पचास पैसे में मिलेगा जानकारी हो कि इससे पहले तीन दिसंबर को भी सिलिण्डर की कीमत पचास रूपये बढ़ाये गए थे इस तरह से पन्द्रह दिनों के अंदर रसोई गैस सिलिण्डर की कीमत में सौ रूपये का इजाफा हो गया है इसके साथ ही कर्मशयल गैस सिलिण्डर की कीमत भी बढ़ाई गई है पांच किलो के छोटे गैस सिलिण्डर के दाम में अठारह रूपये की वृद्धि की गई है बड़े व्यवसायिक गैस सिलिण्डर के दाम में छत्तीस रूपये पचास पैसे की वृद्धि की गई है अब ये सिलिण्डर रांची में चौदह सौ तैंतीस रूपये में मिलेगा

कल दो सौ ग्यारह लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है अबतक एक लाख नौ हजार तीन सौ बावन मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार पांच सौ अठहतर सक्रिय केस हैं कल कोरोना के दो सौ नौ नए मरीज मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या एक हजार एक हो गई है अब तक प्रदेश में पैंतालीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ तिरासी से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है कल सत्रह हजार दो सौ इकसठ कोविड टेस्ट किये गये झारखंड में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच सिर्फ चार सौ रूपये में होगी इस संबध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन क्लकर्णी ने आदेश जारी किया है घर से सैंपल लेने के मामले में निजी लैब दो सौ रूपये अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे जानकारी हो कि इससे पहले राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच का शुल्क एक दिसंबर को पन्द्रह सौ रूपये से घटाकर पांच सौ रूपये किया था पड़ोरी राज्यों ने जांच की दर कम होने की वजह से सरकार ने एक बार फिर शुल्क कम करने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सर्पदंश से मरने वाले लोगों के परिजनों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में खान भूतत्व वन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया इसके साथ ही राजस्व संग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया खान भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़ चट्टान जैसी जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करे उन्होंने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग परिवहन विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरूद्व कार्रवाई सुनिश्चित करें

ट्रांजिट शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण वन विभाग ने कोयले की दुलाई रोक दी थी जानकारी हो कि बिहार स्थित एनटीपीसी कहलगांव एवं फरक्का को गोड्डा से कोयले की आपूर्ति होती है झारखंड हाई कोर्ट में मामला जाने पर कोयले की ढुलाई के रोक मामले पर स्टे लगा दिया गया था

आकाशवाणी को साथ विशेष मेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव एप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन कर सकेंगे राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाये हए है

दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है खुलेंगे स्कूल शुरू होगी दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई प्रभात खबर ने जेवीबीएनएल सताइस प्रतिशत तक महंगा करना चाहता है बिजली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है ओडिशा के बाद अब झारखंड में भी चार सौ रूपये में होगी कोरोना की आरटी पीसीआर जांच हिन्दुस्तान में सोने हीरे की खदानों की नीलामी जल्द होने की खबर को पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हर हाल में लगाएं अवैध खनन पर रोक संबधी निर्देश को अपनी पहली खबर बनाया अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की साजिश संबधी प्रधानमंत्री मोदी के बयान को पहली लीड बनाया है हिंदुस्तान टाइम्स ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं आयोजित करने को लेकर सरकार पर राय नहीं लेने संबधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है